अब समाचार विस्तार से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा है कि लोगों का देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास और बढ़ा है

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि संसदीय सत्र में सभी सदस्यों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले

इस दौरान एक दिन भी संसद की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्यों के अधिकतम प्रश्नों को रखने का मौका दिया गया पहली बार निर्वाचित सदस्यों को सदन में अधिक से अधिक बोलने का मौका दिया गया लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में जो चर्चा होगी उसके आने वाले समय में अनेक सकारात्मक परिणाम होंगे

हमारा प्रयास है कि लोकतंत्र के इन मंदिरों में सभी जनप्रतिनिधियों की लोगों के प्रति जवाबदेही हो इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिहं रावत ने सम्मेलन में भाग ले रहे सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब उत्तराखंड को इस तरह के आयोजन की मेजबानी मिली है यह हमारे लिए गर्व की बात है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है कि सदन सुचारु रूप से चलता रहे सदन ही वो जगह है जहां से देश को या राज्यों को चलाने के लिए गंभीर चर्चाएं होती हैं कानून बनते हैं और सदन में ही जनता से जुड़े मुद्दे उठते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद की तरह ही विधानसभाएं भी बेहतर काम करें यदि लोकसभा की तरह विधानसभाओं में भी काम होगा तो नये भारत के निर्माण का सपना जल्दी साकार होगा राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि इस सम्मेलन में संविधान की दसवीं अनुसूची और शून्य काल सहित सभा के अन्य साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण और क्षमता बढ़ाने आदि विषयों पर चर्चा होगी इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड के धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बारे में विस्तार से जानकारी दी

नागरिकता संशोधन बिल उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से इंकार किया है न्यायालय ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है

इस कानून के विरोध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य् ने याचिकाएं दायर की हैं इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है

सरकार सभी छात्रों के मुद्दों को सुनती है और उनके प्रति संवेदनशील है उन्होंने कहा कि शांति ही हर समस्या का समाधान है नागरिकता संशोधन अधिनियम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों से अपील की है कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे के मामले में वे किसी के बहकावे में नहीं आएं श्री निशंक ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह कानून भारत को सशक्त बनाने के लिए है इसके विरोध का कोई आधार नहीं है मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इस मामले में हो रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश के कई इलाकों में कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है इसलिए राज्य में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है सभी जनपद प्रभारियों और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लोगों से लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने की अपील करने और शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्व कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये श्री रतूड़ी ने पुलिस महकमे को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के साथ ही विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया

रुड़की में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि संस्थान गंगा को स्वच्छ रखने का काम कर रही है गंगा किनारे बसे लोगों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे है ताकि अपने उदगम स्थल से लेकर प्रयागराज तक गंगा स्वच्छ बनी रहे संगोष्ठी में जल और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई एनआईएच के निदेशक शरद कुमार ने कहा कि संस्थान के वैज्ञानिक गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं नदी का अस्तित्व चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड में मोथूगाढ़ नदी के अस्तित्व को बचाने और इसे पुनःसदानीरा बनाने के मुहिम शरू कर दी गई है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोथूगाढ़ नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए सभी रेखीय विभागों के अधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों को एक जनआंदोलन के रूप में शुरू करने का आह्वान किया जिलाधिकारी ने कहा कि जिले मे मोथूगाढ़ नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जीपीएस सिस्टम के तहत वृहद स्तर पर प्लान तैयार किया गया है जिसको सभी के सहयोग से धरातल पर उतारा जाएगा

हर साल क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं इस दौरान रूसी बाईपास में पार्किंग व्यवस्था की जाती है हालांकि शिकायत मिली है कि पिछले कुछ सालों में बाहर से आने वाले पर्यटकों द्वारा रूसी बाईपास पार्किंग के आसपास शान्ति और कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की गई

मलबा टिहरी टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्रनगर के कुमार खेड़ा के पास पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है मलबा गिरने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं जिलाधिकारी वी षणमुगम ने बताया कि मार्ग को खोलेने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और देर रात तक मार्ग को यातायात के लिए खुलने की उम्मीद है आज दोपहर जिस वक्त भारी बोल्डर और मलबा गिरा उस समय पहाड़ी के नीचे जेसीबी मशीन काम कर रही थी गनीमत यह रही कि जेसीबी चालक हताहत नहीं हुआ मौसम प्रदेश में आजकल जबरदस्त शीतलहर चल रही है कुछ दिनों पहले हुई बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है आज राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सुबह से बादल छाये रहे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फीली हवा और मैदानों में कोहरे से ठंड में इजाफा हुआ है शीतलहर की चपेट में आने से कई लोग मौसम संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं बागेश्वर जिले में कड़ाके की ठंड होने से जिला अस्पताल में अस्थमा के रोगियों की संख्या भी बढ़ गई है उधर चमोली जिले में आज धूप खिली रही हालांकि औली हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी रूपकुंड रुद्रनाथ बेदनी बुग्याल समेत कई इलाकों में हाल की बर्फबारी से स्थानीय लोगों को शीतलहर से परेशानी हो रही है लेकिन पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं कई गांवों में अब भी पेयजल और बिजली आपूर्ति बाधित है जिसे सुचारु करने की कोशिश की जा रही है मौसम विभाग ने आज कल और परसो मैदानी क्षेत्रों खासकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का रेल और विमान सेवाओं पर असर पड़ा है